वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अन्राग ठाक्र ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हए कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नीतिगत और संरचनात्मक स्धारों पर विशेष जोर दिया जाएगा वित्तमंत्री ने बताया कि कोयला खनिज रक्षा उत्पादन सहित आठ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में सुधारों की योजना बनाई गई है उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा सरकार कोयले की ख्ली नीलामी करेगी शीघ्र ही पचास खादानों की नीलामी की जाएगी कोयला क्षेत्र के आधारभूत ढांचे पर पचास हजार करोड रुपये खर्च किए जाएंगे

इन पर वीसा शर्तों का उल्लंघन कर संगठन के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का आरोप है भोपाल के प्लिस महानिरीक्षक उपेंद्र जैन ने बताया कि तब्लीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ विदेशी नागरिकों के लिए लागू कानूनों के तहत वीजा की शर्तों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे ये सभी भारत में पर्यटक वीजा पर आये थे जिसके तहत वे धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते थे लेकिन सभी धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रहे थे इसके पहले भोपाल की एक स्थानीय अदालत ने इन सभी की जमानत अर्जी को कल खारिज कर दिया था सदस्य किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान गिरफ्तार जमात के कजाकिस्तान तंजानिया दक्षिण अफ्रीका म्यांमार सहित विभिन्न देशों से आए थे अधिकारियों ने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कृछ जांच में कोरोनोवायरस पाजिटिव पाए गए थे और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया था

नीमच प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां मई माह के अंत में इन मशीनों से जांच प्रारंभ होने की संभावना है

बैतूल जिले में चालीस दिन बाद दो कोरोना संक्रमित फिर मिले हैं इससे पहले यहां गत छह अप्रैल को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था अब इस ग्राम के सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र को कंटेन्मेंट एरिया घोषित किया है उमरिया जिले में महाराष्ट्र के मुंबई से आया एक युवक जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद उसे जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है

मामला बड़वानी जिले का है इन दिनों बड़वानी जिले में बड़ी संख्या में मजद्रों के आने का सिलसिला जारी है पेश है हमारे बड़वानी संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया की एक रिपोर्ट पिछले दिनों इसी दौरान एक महिला मजद्र को प्रसव पीड़ा श्रू हो गई जिसे देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे त्रंत अस्पताल ले जाना को कहा

वाहन आने में देरी को देखते हए उन्होंने अपना वाहन दे दिया ताकि महिला समय पर अस्पताल पहंच पाये

इससे पहले ये तिथियां आज शाम को जारी की जानी थी